केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर आज मुरैना में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे इस दौरान वे भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सांची विधानसभा के देवनगर में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे वहीं कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मुरैना और दिमनी में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे इससे पहले कल धार जिले के बदनावर में भाजपा प्रत्याशी राजवर्धन दत्तीगॉव के समर्थन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा सहित अन्य नेताओं ने सभा को संबोधित किया पहीं कांग्रेस की ओर से पूर्व मंत्री कांतिलाल भूरिया बाला बच्चन ने कांग्रेस प्रत्याशी कमल पटेल को जिताने की अपील की वहीं बसपा सपा के साथ ही निर्दलीयों ने भी चुनाव प्रचार तेज कर दिया है कुलस्ते केंद्रीय इस्पात राज्यमंत्री फग्गनसिंह कुलस्ते ने कल मंडला जिले के मलारा में किसान चौपाल कार्यक्रम में कृषि सुधार विधेयक पर कृषकों से संवाद करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने कृषि बिल के रूप में किसानों के उज्ज्वल भविष्य की बुनियाद रखी है उन्होंने कहा कि देश मे वन नेशन वन मार्केट की व्यवस्था से किसान अपनी उपज को देश के किसी भी बाजार में बेचने के लिए स्वतंत्र होगा श्री कुलस्ते ने कहा कि समर्थन मूल्य की निरंतर बढ़ोतरी ओर समर्थन मूल्य पर किसानों की उपज की खरीदी मंडी व खरीदी केंद्रों में पूरी क्षमता के साथ होती रहेगी स्मार्ट सिटी केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय की स्मार्ट सिटी की साप्ताहिक वरीयता सूची में इंदौर पांचवें स्थान से एक पायदान ऊपर चढ़कर चौथे स्थान पर आया गया है

विद्यार्थी वेबसाइट से अंक पत्र डाउनलोड कर सकते हैं और मेरिट लिस्ट देख सकते हैं

वहीं इतने ही मरीजों के संकमणमुक्त होने पर उन्हें विभिन्न अस्पतालों से छट्टी दी गई

जन आंदोलन कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किये गये जन आंदोलन को व्यापक समर्थन मिल रहा है और समाज में जागरूकता के लिए प्रयास तेज हो गये है

आज घट स्थापना की जाएगी और जवारे लगाए जाएगे

पहले दिन देवी शैलपूत्री की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है

राज्य सरकार ने इस बार कोविड संकमण के चलते विभिन्न स्थानों में सजाई जाने वाली देवी की झांकियों में सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है साथ ही श्रद्वालुओं को दर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी कोविड से बचाव के उपायों का पालन करने के निर्देश दिये गये हैं

यहां माता के दरबारों को आकर्षक विद्युत सज्जा से सजाया गया है गुना जिले में भी शारदीय नवरात्रि का पर्व उत्साह के साथ मनाया मनाया जा रहा है आईपीएल आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता में कल रात अबुधाबी में मुंबई इंडियन्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को आठ विकेट से हरा दिया

इस जीत के साथ ही वो अंक तालिका में शीर्ष पर आ गयी है आज द्बई में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर से और शारजाह में डेल्ही कैपिटल्स का चेन्नई सुपर किंग्स से होगा

इस दौरान वे शाम को नर्मदा महाआरती में शामिल होंगे